प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से मार्च में होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अपने अनुभव और सुझाव साझा करने का किया अनुरोध

और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान औसत से ऊपर दर्ज होने से गर्मी का असर शुरू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

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव गांव तक पहुंच रहा है श्री मोदी ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है उन्होने कहा कि हमें पानी के महत्व को समझते हुये मिल जुलकर इसके संरक्षण के प्रयास करने होंगे प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से मार्च में होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अपने अनुभव और सुझाव साझा करने का अनुरोध किया

श्री मोदी ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता बरतने में कोई ढिलाई नहीं करने का भी आग्रह किया उन्होंने कहा कि एहतियात में ढिलाई देने का वक्त अभी नहीं आया है माघ के महीने का जिक्र करते हए श्री मोदी ने कहा कि यह महीना आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व का है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है श्री मोदी ने कहा है कि श्री देसाई ने लंबे समय तक जनता की सेवा की और भारत के विकास के अथक प्रयास किए

यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक संस्था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला मिशन है

इस अवसर पर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं विभाग की ओर से विज्ञान आधारित फिल्मों का वर्चुअल प्रदर्शन किया जा रहा है जयपुर में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र के उद्यान में सिम्यूलेटर लगाया जा रहा है जिस पर आम दर्शक निशुल्क चौपहिया वाहन चलाना सीख सकेंगे

इस वर्ष विज्ञान दिवस का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य और नवाचार शिक्षण कौशल और कार्य पर प्रभाव

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्द सभी प्राइवेट अस्पतालों का कोरोना टीकाकरण केन्द्र के रूप में उपयोग कर सकेंगी

ये टीकाकरण सरकारी और निजी अस्पतालों में किया जायेगा

झालावाड़ में कोविड टीकाकरण के कल से शुरू होने वाले चरण की तैयारियों को लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया जिले में चिकित्सा विभाग के कर्मचारी और आशा सहयोगिनियां घर घर जाकर पीले चावल और प्रष्प भेंट कर लोगों को टीकाकरण करवाने के लिये आमंत्रित कर रही हैं

इस बीच देश में कोविड से ठीक होने की दर सत्तानवे दशमलव एक प्रतिशत हो गई है